कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत सम्पन्न हई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए

कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से ब्ज्र्गों महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अन्रोध किया गया है

उन्होंने बताया कि परीक्षाएं चार मई से श्रू होगी जिन्हें दस जून तक संपन्न कराने की कोशिश की जाएगी

प्रैक्टिल परीक्षा एक मार्च से शुरू होगी शिक्षा मंत्री ने छात्र छात्राओं को परीक्षाओं के लिए श्भकामनाएं दी हैं

आयकर विभाग ने कहा है कि करदाताओं को कोविड महामारी के कारण कुछ शर्तों के पालन में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है

आयकर विभाग ने तीसरी बार रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई है

स्व आकलन कर के भुगतान के मामले में लघू और मध्यम वर्ग के करदाताओं को तीसरी बार राहत देने के लिए अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है मुख्य सचिव म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना के तहत चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों मैं प्रोजेक्ट एरिया को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना को लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड और शासन के बीच हई बैठक में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को प्रशासनिक व्यय की आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राजस्व विभाग को उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिए उन्होंने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से कहा कि अवशेष कार्य को जल्द से जल्द और ग्णवत्ता के साथ पूरा किया जाए

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश देने का निर्णय लिया है इस संबंध में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी किये गए हैं इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों से शीतलहर और बर्फबारी को देखते हुए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है

चीता पुलिस राज्य में चीता प्लिस को स्मार्ट बनाये जाने उनकी कार्य क्षमता और दक्षता को बढ़ाये जाने के लिए उनकी वर्दी में अतिरिक्त उपकरण लगाये जाने का निर्णय लिया गया है चीता प्लिस को अब बॉडी ऑन कैमरा मल्टीपल बेल्ट शॉर्ट रैंज आर्म्स जैसे उपकरणों से लैस किया जाएगा

प्रशिक्षित चीता प्लिस की तीन महीने की इयूटी लगायी जाएगी उनकी कार्य क्षमता के साथ साथ आम जनमानस में उनकी छवि का आकलन किया जाएगा तीन महीने के बाद उनका रोटेशन किया जाएगा

जो भी कृम्भ यात्री बस या ट्रेन से आयेंगे उन्हें यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी कंभ मेलाधिकारी दीपक रावत की अध्यक्षता में क्म्भ के आयोजन को लेकर हुई बैठक में बताया गया कि बिना फेस मास्क के कोई भी घाट पर स्नान नहीं करेगा बैठक में म्फ्त फेस मास्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई नव वर्ष जश्न प्रदेश में नए साल के स्वागत के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं कोरोना महामारी के कारण शासन प्रशासन के एडवाइजरी जारी की है

रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क भी पूरी तरह से फुल हो गया है यहां सैलानियों ने ऑनलाइन ब्किंग कर डे विजिट और नाइट स्टे के परमिट ले लिए हैं कॉर्बेट प्रशासन पर्यटकों की सुविधाओं का खास ध्यान रख रहा है साथ ही वन्यजीवों को कोई असुविधा ना हो इस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है सरोवरनगरी नैनीताल भी सैलानियों से गुलजार है होटल और गेस्ट हाउस पूरी तरह से बुक हो चुके हैं पर्यटन नगरी लैंसडाउन में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहंचे हैं उपजिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल ने कहा कि स्थानीय होटल व्यवसायियों और अन्य रिजॉर्ट संचालकों को सभी सैलानियों की थर्मल चेकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने कहा कि जंगलों में सैलानियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग से समन्यवय स्थापित किया गया है चम्पावत जिले के विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों में आज स्बह से ही लोगों ने पहुंचना श्रू कर दिया था पूर्णागिरि श्यामलाताल एबटमॉन्ट मायावती देवीध्रा रीठा साहिब जैसे स्थलों में लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जा रहा है जिले के प्लिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न धार्मिक और पर्यटक स्थलों में सभी स्रक्षात्मक तैयारियां की गई है जिले के पूर्णागिरि धाम में आ रहे लोगों के लिए रैंडम कोविड टेस्ट किया जा रहा है प्रशासन ने द्कानदारों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सैनेटाइजर रखने की हिदायत दी है अल्मोड़ा में नये साल के स्वागत के लिए प्लिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है प्लिस अधीक्षक प्रह्लाद सिंह मीणा ने बताया कि नववर्ष मनाने आ रहे पर्यटकों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है कोरोना बचाव के लिए आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है इसके लिए प्लिस टीम भी गठित की गई है नया साल देहरादून राजधानी देहरादून में नए साल पर जश्न मनाने के लिए लोगों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से ग्जरना होगा

शहर में स्रक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं प्लिस कर्मियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है

इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी रूट डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे शहर में जाम की स्थिति न बने

इस दल ने डोईवाला के विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायती कार्यो का निरीक्षण किया